परीक्षा चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पूरे देश से लगभग दो हजार विद्यार्थी माता पिता और शिक्षक भाग लेंगे एक चयन समिति ने माई जी ओ वी पोर्टल पर ऑनलाइन इनका चयन किया है इस चयन प्रक्रिया में एक लाख से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था अपनी तरह के इस अनूठे आयोजन में विद्यार्थी शिक्षक माता पिता और प्रधानमंत्री परीक्षा और इसके तनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे पहली बार इस कार्यक्रम में देशभर के विद्यार्थी और विदेशों में रह रहे भारतीय विद्यार्थी भाग लेंगे पिछले वर्ष केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था विदेशी प्रतिभागियों में रूस नाइजीरिया ईरान नेपाल दोहा कुवैत सऊदी अरब और सिंगापुर शामिल हैं आकाशवाणी से सवेरे दस बजकर पचपन मिनट से एफ एम रेनबो और क्षेत्रीय चैनलों सहित नेशनल हकअप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा दूरदर्शन पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा सभी सरकारी और सीबीएसई स्कूलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों और महाविद्यालयों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है वेंकैया नायड् उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस जैसी स्वैच्छिक सेवायें स्कूली बच्चों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से उनमें एकता करूणा और सहानुभूति की भावना पैदा होगी और वे जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बन सकेंगे बीटिंग द रिट्टीट चार दिन के गणतंत्र दिवस समारोहों का समापन आज नई दिल्ली के एतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट से होगा इस वर्ष बीटिंग द रिट्रीट समारोह में भारतीय धुनों की प्रमुखता रहेगी वहीं भोपाल के मोती लाल नेहरू स्टेडियम में भी आज पुलिस पाइप और ब्रांस बैंड द्वारा बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा

गोयल बैठक केन्द्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक कर इन बैंकों के काम काज की समीक्षा की सरकार द्वारा बैंकों में सुधार समस्याओं के निपटान नए सिरे से पूंजी प्रदान करने और मान्यता की विस्तृत नीति के कारण इन बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के प्रत्यक्ष लक्षण दिखने के बीच यह समीक्षा की गई है सरकार चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उभरती अर्थव्यवस्था में उधार की आवश्यकता पूरी करने के लिए आगे आएं

ऋणमाफी प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना क्रियान्वित होने से किसान उत्साहित हैं

पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष गठित किये गये हैं जहाँ किसानों की शिकायतें प्राप्त की जा रही हैं

मुख्यमंत्री कमल नाथ के निर्देश पर राज्य में ऋण प्रकरणों में गड़बड़ियों की शिकायतों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है

रायसेन में कल मद्य निषेध संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है मद्य निषेध दिवस पर विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सेमीनार कार्यशाला रैली प्रदर्शनी वाद विवाद निबंध लेखन पोस्टर प्रतियोगिताएं नाटक आदि का आयोजन किया जाएगा इसके साथ ही संकल्प पत्र और शपथ पत्र भी भरवाए जाएंगे

श्री पटवारी ने कहा कि अगले वर्ष से खेलो इण्डिया के पदक विजेता खिलाड़ियों को दोगुनी प्रोत्साहन राशि दी जायेगी

खेल मंत्री ने कहा कि अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी करने के लिये प्रदेश के खिलाड़ियों का रेल किराया शासन द्वारा वहन किया जायेगा श्री पटवारी ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में कोई कमी न आये इसकी जिम्मेदारी राज्य शासन की है खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को विदेश में प्रशिक्षण के लिये राज्य शासन वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर उपकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी कॅरियर मेला भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में आज से दो दिवसीय कॅरियर अवसर मेला शुरू हो रहा है कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी करेंगे भोपाल में होने वाले इस पहले करियर मेले का आयोजन उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान तथा सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के तत्वावधान में किया जा रहा है

सडक हादसा उज्जैन के नागदा से शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार की गाड़ी उज्जैन नागदा मार्ग रामगढ़ फंटे पर दूर्घटनाग्रस्त हो गयी

जिसे इलाज के लिए इंदौर भेजा गया है फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है मौसम उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस सीजन का सबसे अधिक ठंडा दिन रहा शीतलहर के कारण कई जिलों के स्कूलों में दो दिन की छट्टी घोषित कर दी गई है भोपाल जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आज और कल स्कूल बंद रहेंगे

इनमें सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी शामिल है सिवनी कटनी उमरिया रायसेन विदिशा शिवपुरी जबलपुर खंडवा आगरमालवा उज्जैन शाजापुर समेत प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिये गये हैं प्रदेश में न्यूनतम तापमान बीती रात तीन डिग्री सेल्सियस खजुराहो नौगांव बैतूल और दतिया में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने सागर उज्जैन होशंगाबाद ग्वालियर चंबल भोपाल रीवा जबलपुर और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की चेतावनी दी है वहीं ग्वालियर उज्जैन सागर होशंगाबाद और रीवा संभागों के जिलो में आज पाला पड़ सकता है